मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम खराब होने की स्थिति में पतलीकूहल से खच्चर मार्ग से ये आपूर्ति की जाएगी जयराम ठाकुर ने बैजनाथ के विधायक मुलखराज प्रेमी को व्यक्तिगत रूप से पूरी प्रकिया की निगरानी करने और जिला उपायुक्त को क्षतिग्रस्त मार्ग को जल्द बहाल करवाने के निर्देश दिए खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर भी बैठक में मौजूद रहे बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की उन्होंने धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा में नेशनल ई विधान अकादमी स्थापित करने का आग्रह किया उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अपनी ओर से प्रधानमंत्री को पत्र भी सौंपा कार्यशाला प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी व पर्यावरण परिषद शिमला द्वारा केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के औद्योगिक नीति व प्रोत्साहन विभाग के सहयोग से आज कुल्लू में एक कार्यशाला लगाई जाएगी किएटिंग वैल्यू थ्र जीयो ग्राफिकल विषय पर आयोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर करेंगे हिमकोष्ट के एक प्रवक्ता ने बताया कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को भौगौलिक संकेत अधिनियम के बारे में सचेत करना है इससे जिले के ग्रामीण दस्तकारों को व्यवसायिक अवसर भी उपलब्ध होंगे विवेक भाटिया बिलासपुर के उपायुक्त विवेक भाटिया ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई गृहणी सुविधा योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है

इस बीच घूमारवीं विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटवाड़ में आयोजित होने वाले जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज करेंगे अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को अपनी प्रमुख खबर बनाया है पंजाब केसरी की सुर्खी है हिमाचल में नशा तस्करी पर हाईकोर्ट चिंतित दिए सुझाव अमर उजाला का शीर्षक है नशे के शिकार विद्यार्थियों की काउंसलिंग करे सरकार हिमाचल दस्तक के शब्द हैं हिमाचल में नशे के फैलते कारोबार से हाईकोर्ट भी चिंतित दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक शिक्षकों की कमी बढ़ते नशे पर हाईकोर्ट सख्त जेबीटी पदों पर ईटीटी को मौका कठघरे में शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है हाईकोर्ट में आवेदकों ने उठाया मसला दोनों कोर्सों को बताया बिलकुल अलग हिमाचल दस्तक के शब्द हैं शिक्षक भर्ती केस में जेबीटी भर्ती फंसी ईटीटी के खिलाफ बतौर इंटरवीनर हाईकोर्ट पहुंचे जेबीटी दैनिक भास्कर की एक खबर है सीएम आज अफसरों से पूछेंगे सात महीने में कितने लोगों को दी नौकरी हिमाचल को उठाना होगा बिलासपुर रेललाईन के भूमि अधिग्रहण का खर्च शीर्षक से अमर उजाला लिखता है शिमला में रेल अधिकारियों ने किया स्पष्ट भू अधिग्रहण जल्द करने को कहा दैनिक जागरण की एक खबर है निवेशकों की राह आसान करेगा हिमाचल एचआरटीसी स्पेयर पार्ट्स खरीद में गड़बड़झाला संबंधी खबर को दिव्य हिमाचल ने सुर्खी दी है पूर्व सरकार पर आरोप चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को ठेंगा दिखाकर की गई खरीददारी जबकि दैनिक भास्कर का शीर्षक है एचआरटीसी का कारनामा नई बसों की रिपेयर पर हर महीने खर्च दिए पांच करोड़

अब एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय संवेदना के नए कक्ष में लिखा है कि यहां से बेटी बचाओ का नारा भी बुलंद हुआ है क्योंकि कर्नाटक की बेटी को सुरक्षित घर वापसी ने ये बता दिया है कि हिमाचल अपने कर्म में कितना सशक्त है दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सात दृष्टिबाधित विद्यार्थियों ने इस बात को साबित कर दिया कि उड़ाने भरने की जिद हो तो मंजिल दूर नहीं होती शीर्षक है मुश्किल नहीं मंजिल आपका फैसला ने अपने संपादकीय आवारा पशुओं की समस्या में लिखा है कि पशुओं को किसी अन्य क्षेत्र में धकेलने के बजाए पंचायत में ही गौशाला बनाने के प्रयास करने चाहिए जिससे फसलें भी सुरक्षित रहेंगी साथ ही किसी हमले की आशंका भी नहीं रहेगी